बारह अन्य रेल परियोजनाओं का भी होगा शुभारंभ कोसी रेल महासेतु से छियासी वर्षों बाद जुड़ेगा मिथिला और कोसी क्षेत्र

लोकसभा ने किसानों के हितों से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को किया पारित

लगभग डेढ़ लाख लोग हो चुके हैं स्वस्थ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसके साथ ही श्री मोदी बिहार के लोगों के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित बारह अन्य रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे राज्यपाल फागू चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रेल मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे हमारे संवाददाता ने बताया है कि एक दशमलव नौ किलोमीटर लंबे कोसी महासेतु के निर्माण पर पांच अरब सोलह करोड़ रुपये की लागत आई है इस सेतु के बनने से निर्मली और सरायगढ़ के बीच की दूरी दो सौ अंठानवे किलोमीटर से कम हो कर बाईस किलोमीटर हो जाएगी इस परियोजना से इस क्षेत्र के लोगों का छियासी वर्ष पुराना सपना साकार होगा और लंबी प्रतीक्षा पूरी होगी इस सेतु से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गया है इस क्षेत्र के लोगों को अब कोलकाता दिल्ली और मुंबई की लंबी यात्रा करना आसान हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के नजदीक होने के कारण इस सेतु का सामरिक और रणनीतिक महत्व भी है यह परियोजना कोविड महामारी के दौरान पूरी हुई और इसके निर्माण में प्रवासी मजदूरों ने भी सहयोग प्रदान किया उन्नीस सौ चौंतीस में भारी बाढ़ आने और भारत नेपाल में भीषण भूकंप आने से यह रेल संपर्क ध्वस्त गया था कोसी नदी के घुमावदार होने के कारण इस मार्ग पर लंबे समय तक रेल मार्ग बहाल करने की कोई कोशिश नहीं की गई वर्ष दो हजार तीन में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस महासेत् की आधारशिला रखी थी इसके अलावा प्रधानमंत्री आज बारह अन्य रेल परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे इन परियोजनाओं में क्यूल नदी पर नया रेल पुल भी शामिल है प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी समस्तीपुर दरभंगा जयनगर समस्तीपुर खगड़िया और भागलपुर शिवनारायणपुर रेलखंडो के विद्युतीकरण परियोजनाओं का भी शुभारंभ करेंगे श्री मोदी हाजीपुर वैशाली इस्लामपुर नटेसर सहरसा असनपुर कुपहा करनौती बख्तियारपुर लिंक बाईपास और बाढ़ से बख्तिायारपुर के बीच तीसरी रेललाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे इसके अलावा सहरसा सरायगढ़ राघोपूर मार्ग के गेज परिवर्तन कार्य का भी लोकार्पण होगा श्री मोदी बरौनी में बिहार के पहले विद्युत लोको शेड और नवनिर्मित किउल इलेक्ट्रोनिक इंटरलॉकिंग परियोजना का भी उदघाटन करेंगे प्रधानमंत्री हाजीपुर वैशाली और इस्लामपुर नटेसर रेललाइन पर यात्री रेलगाड़ियों और सुपौल से सहरसा असनपुर कुपहा डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इसके साथ ही कटिहार न्यू जलपाईगुड़ी रेलखंड और सीतामढ़ी से विद्युत रेलगाड़ी के परिचालन की भी शुरूआत होगी लोकसभा ने किसानों के हितों से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को ध्वनिमत से पारित कर दिया है इन विधेयकों में कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक दो हजार बीस और किसान सशक्तिकरण तथा संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक दो हजार बीस शामिल हैं दोनो विधेयकों पर हुई बहस का जबाव देते हए कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और उसने कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुधार के अनेक उपाय किए हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कृषि जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में डेढ गुना बढोतरी की है मंत्री ने कहा कि प्रस्तावित कानून के खिलाफ विपक्षी दलों का विरोध कल्पना पर आधारित और राजनीति से प्रेरित है उन्होंने कहा कि नये कानून के प्रावधानों के अनुसार यदि किसान अपनी उपज की बिक्री करेंगे तो उन्हें मंडी कर नहीं देना होगा जो दो प्रतिशत से साढ़े आठ प्रतिशत तक होता है विधेयक का विरोध किए जाने को अनुचित बताते हुए श्री तोमर ने कहा कि जिन सदस्यों ने कृषि विघेयकों के फायदों का पहले समर्थन किया था वे अब राजनीतिक लाभ के लिए इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक कानून से कृषि उपज और खेती के क्षेत्र में इंस्पेक्टर और लाइसेंस राज की समाप्ति होगी

कुछ सदस्यों की आशंकाओं का निराकरण करते हुए श्री तोमर ने स्पष्ट किया कि इन विधेयकों से कृषि उपज बाजार समिति एएमपीसी अधिनियम का प्रभाव किसी भी तरह कम नहीं होगा उन्होंने कहा कि इससे प्रतिस्पर्धा बढेगी और किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन तथा सरलीकरण विधेयक दो हजार बीस किसानों को अपनी उपज के इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सुविधा भी प्रदान करेगा इससे वे कृषि जिन्सों की प्रत्यक्ष ऑनलाइन खरीद फरोख्त के लिए लेन देन प्लेटफॉर्म स्थापित कर सकेंगे किसान सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन तथा कृषि सेवा पर करार विधेयक दो हजार बीस के अनुसार पैदावार या फसल उगाने से पहले खेती संबंधी करार किए जा सकेंगे ऐसे समझौते में कृषि उपज की खरीद के लिए निश्चित मूल्य का उल्लेख किया जा सकेगा एनडीए के घटक दल शिरोमणि अकाली दल ने विधेयक का विरोध किया है पार्टी कोटे से केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने विधेयक के विरोध स्वरूप अपने पद से इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोकसभा द्वारा कृषि क्षेत्र से जुड़े दो विधेयकों के पारित होने को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह देश के किसानों और कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है अपने ट्वीट संदेशों में श्री मोदी ने कहा कि ये विधेयक सही मायने में किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेंगे विधेयकों को लेकर हो रहे विरोध पर प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग किसानों को भ्रमित करने में लगे हैं श्री मोदी ने कहा कि वे देश के किसानों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य और सरकारी खरीद की प्रक्रिया बाधित नहीं होगी राज्य में अब तक कोविड उन्नीस के लगभग डेढ़ लाख मरीज स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर इक्यानवे दशमलव एक सात प्रतिशत हो गयी है जो देश भर में सबसे अधिक है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में इस वैश्विक महामारी से अब तक आठ सौ पचपन लोगों की मौत हो चुकी है कल राज्य के विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमण के एक हजार पांच सौ बानवे नये मामलों की पुष्टि हुई इसके साथ ही राज्य में पुष्ट मामलों की संख्या बढ़कर एक लाख चौंसठ हजार दो सौ चौबीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार कल संक्रमण के सबसे अधिक दो सौ नब्बे मामले पटना जिले में सामने आये हैं पूर्णिया में छियानवे अररिया में पंचानवे सहरसा में अठासी भागलपुर में पचहत्तर और सुपौल से बहत्तर मामलों की पुष्टि हुई है अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या पंद्रह हजार एक सौ अठारह है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी ने कहा है कि कोविड उन्नीस से संक्रमित व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने से लोग जल्द स्वस्थ हो जाते हैं डॉक्टर सैनी ने कहा कि हर व्यक्ति को अपनी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करनी चाहिए

पच्चीस एकड़ क्षेत्रफल में बने इस नये बस स्टैंड के निर्माण पर तीन सौ दो करोड़ रूपये की लागत आयी है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किये गये इस बस टर्मिनल में शॉपिंग मॉल मल्टीप्लेक्स होटल कैफेटेरिया और रेस्ट हाउस जैसी अत्याध्रनिक सुविधाएं भी होंगी मुख्यमंत्री मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन का भी उद्घाटन करेंगे कृषि भवन पर्यावरण अनुकूल तकनीक पर बना है और यहां एक छत के नीचे विभाग के सभी कार्यालय होंगे भारतीय स्टेट बैंक ने आज से एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है अब दस हजार रूपये या इससे अधिक की राशि निकालने पर उपभोक्ता के निबंधित मोबाईल नम्बर पर ओटीपी भेजी जायेगी पिन के साथ ओटीपी डालने के बाद ही राशि की निकासी होगी बैंक ने कहा है कि एटीएम की सुरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए नयी व्यवस्था लागू की गयी है प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पिछले चौबीस घंटों से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है राज्य के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हई है मौसम विभाग ने आज भी उत्तर बिहार के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की अपील की है आयकर विभाग ने मुजफ्फरपुर के एक स्कूल और कोचिंग संचालक के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की है

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग की टीम ने मौके से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किये हैं बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के हरहर महादेव चौक के पास देर शाम गुटखा खरीदने को लेकर हुए विवाद में अपराधियों ने एक पान दुकानदार समेत दो लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी कैमूर जिले के भगवान थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से विभिन्न मामलों में वांछित चार अन्य अपराधियों की भी गिरफ्तारी हुई है मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित दिघरा नहर के पास से पुलिस ने एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की है मौके से एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है वहीं सुपौल में एसएसबी के जवानों ने भारी मात्रा में नेपाली शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया पश्चिम चंपारण जिले के भितहा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव से पुलिस ने अंतरप्रांतीय हथियार तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है मुंगेर पुलिस ने कटिहार के क्ख्यात कोढ़ा गिरोह के दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है पूलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया गिरफ्तार अपराधियों की लूट की कई घटनाओं में तलाश थी अररिया जिले के जोगबनी से एसएसबी की टीम ने बारह किलो चांदी के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र से पुलिस ने वाहन लूटेरा गिरोह के छह सदस्यों को हथियारों और लूटी गयी वाहनों के साथ गिरफ्तार किया है

बारह अन्य रेल परियोजनाओं का भी होगा शुभारंभ कोसी रेल महासेतु से छियासी वर्षों बाद जुड़ेगा मिथिला और कोसी क्षेत्र

लोकसभा ने किसानों के हितों से जुड़े दो महत्वपूर्ण विधेयकों को किया पारित

लगभग डेढ़ लाख लोग हो चुके हैं स्वस्थ